जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश व बर्फबारी के चलते पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है शिमला कल्लू चंबा लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में रूक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है राजधानी शिमला में आज तड़के हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं शहर की सभी अंदरूनी सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया है शिमला जिला के सभी ऊपरी क्षेत्रों का संपर्क राजधानी से कट गया है शिमला से सटे पर्यटक स्थलों कुफरी नारकंडा और खड़ापत्थर में डेढ़ फूट तक बर्फ गिर चुकी है जबकि अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है शिमला शहर की मुख्य सड़कों से बर्फ हटाने के लिए प्रशासन ने मशीनरी तैनात कर दी है जिला प्रशासन ने पर्यटकों से ऊपरी क्षेत्रों की तरफ न जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है और वाहनों को संभल कर चलाने की हिदायत भी दी है

वहीं मौसम विभाग ने आज दिन में और बर्फ गिरने की संभावना व्यक्त की है प्राथमिकता बैठकें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार विधायकों की प्राथमिकता बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित करने पर विचार करेगी ताकि उनकी प्राथमिकताओं वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा सके

इस बीच मुख्यमंत्री आज सुबह के सत्र में कांगड़ा कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों के साथ बैठक करेंगे जबकि दूसरे सत्र में चंबा उना हमीरपुर और लाहौल स्पीति के विधायकों की बैठक होगी सम्मेलन वस्तु और सेवाकर के नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में धन वापसी के फर्जी दावों और कर चोरी के मामलों पर रोक लगाने के लिए उपाय करने पर विचार हुआ सम्मेलन में ऐसे मामलों की तय समय सीमा में जांच पूरी करने और उन्हें तत्काल निपटाने के उपाय लागू करने के लिए केन्द्र और राज्यों के अधिकारियोंकी समिति बनाने का निर्णय लिया गया समिति एक सप्ताह के अंदर इस सिलसिले में विस्तृत मानक परिचालन कार्य पद्धति तैयार करेगी जिसे इस महीने के अंत तक पूरे देश में लागू किया जा सकता है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण विधेयक पारित होने और मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है एस सी एसटी आरक्षण अवधि बढ़ाने के केंद्रीय विधेयक का प्रस्ताव ध्वनिमत से हुआ पारित

दिव्य हिमाचल ने लिखा है सीएम बोले हिमाचल में आज भी जातिय भेदभाव हिमाचल दस्तक के अनुसार जाति का डंक मंत्री विधयक भी नहीं जा पाए मंदिर के अंदर दैनिक जागरण का शीर्षक है एससी एसटी विधायकों के आरक्षण पर मुहर आपका फैसला का कहना है अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय का आरक्षण दस साल तक के लिए बढा मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है बर्फबारी व बारिश से कांपा हिमाचल दिव्य हिमाचल लिखता है बर्फबारी बारिश ने रोकी रफतारलाहौल स्पीति किन्नौर उपरी शिमला शेष विश्व से कटे

अजीत समाचार लिखता है शिमला सहित प्रदेश के उंचे क्षेत्रों में हिमपात जारी दैनिक जागरण के शब्द है बारिश बर्फबारी से दिक्कतें बेशुमार जबकि आपका फैसाल ने लिखा है शीत लहर की चपेट में हिमाचल बर्फबारी से जन जीवन ठप स्कूल कॉलेजों में पढाई प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों में लगी रोक अमर उजाला की एक खबर है

अमर उजाला ने खबर दी है हिमाचल में आज भारत बंद का रहेगा मिला जुला असर